देहराद्रन में प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन नेताओं को पार्टी में शामिल कराया इनमें दो पूर्व विधायक भी शामिल हैं दोबारा भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं में पूर्व विधायक सुरेश चंद जैन पूर्व विधायक आशा नौटियाल पूर्व दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री संदीप गुप्ता ऋषिकेश के पूर्व जिला अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल और अन्य शामिल हैं इसके साथ ही आज प्रदेश महामंत्री नरेश बंसल की अध्यक्षता में राज्यभर के भाजपा कार्यकर्ताओं की साथ बैठक भी बुलाई गई श्री बंसल ने बताया कि बैठक में कार्यकर्ताओं को केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशों और गाइडलाइंस की जानकारी दी गई उधर चमोली जिले के गौचर में कांग्रेस ने रोड शो का आयोजन किया हाल ही में कांग्रेस में शामिल मनीष खंडूड़ी पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र भंडारी और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष अनुसूया प्रसाद मैखुरी रोड शो में शामिल हुए रोड शो के बाद तीनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की मनीष खंडूड़ी ने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये अभी तय नहीं हुआ है

उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी में लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी

जिसके मद्देनजर टिहरी जिले में शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है घनसाली नई टिहरी प्रतापनगर देवप्रयाग धनोल्टी नरेंद्रनगर सहित जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पुलिस के अलावा स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी भी तैनात किये गए हैं वरिष्ठ प्रलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए पुलिस फोर्स को सभी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं

उत्तरकाशी जिला निर्वाचन अधिकारी डा आशीष चौहान ने नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियां गंभीरता से निभाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी उन्होंने निर्देश दिये कि पीठासीन और मतदान अधिकारी प्रथम को ईवीएम और वीवीपैट से संबंधित वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाएं उन्होंने प्रत्याशियों और वीवीआईपी की जनसभाओं की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करवाने की हिदायत दी है जिला निर्वाचन अधिकारी कहा कि मानवीय भूल के कारण वीवीपैट खराब होने पर संबंधित कर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी

उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं का शत प्रतिशत मतदान कराना संबंधित क्षेत्र की एएनएम और आशा कार्यकत्री की जिम्मेदारी होगी स्लग चमोली प्रशिक्षण चमोली में लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को गोपेश्वर में पहला प्रशिक्षण दिया गया मास्टर ट्रेनरों ने सभी जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से दी

उन्होंने कहा कि किसी भी बूथ पर मतदान के दौरान कोई भी कमी पायी गई तो पीठासीन अधिकारी के साथ साथ संबधित क्षेत्र के जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट भी समान रूप से उत्तरदायी होंगे जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मजिस्ट्रेटों को मतदान करने की शपथ भी दिलायी

इन मतदेय स्थलों के मतदाताओं के लिए उनके वर्तमान निवास स्थान पर ही मतदान की सुविधा की गई है

राष्ट्रपति ने लोकपाल में चार न्यायिक सदस्य और चार गैर न्यायिक सदस्य भी नियुक्त किए हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक टवीट में कहा कि इन महान सपूतों का बलिदान हमेशा देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा आज ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर लोहिया ने न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया प्रधानमंत्री ने भी उनका स्मारण करते हुए उन्हें प्रखर चिंतक असाधारण बुद्धिजीवी क्रांतिकारी और क ्टर देशभक्त बताया

जिनमें भाजपा बसपा माकपा उक्रांद और निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं टिहरी संसदीय क्षेत्र से भाजपा की माला राज्य लक्ष्मी शाह सीपीआईएम के राजेंद्र पुरोहित और गोपालमणि ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है

हरिद्वार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से तीन प्रत्याशियों ने नामांकन किया है जिनमें बसपा के अंतरिक्ष सैनी उत्तराखण्ड क्रांति दल के त्रिविरेन्द्र सिंह रावत और शिशुपाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया

अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए दो नामांकन हुए बसपा से सुन्दर धौनी और निर्दलीय प्रत्याशी सज्जन लाल टम्टा ने यहां से नामांकन किया जबकि तीन प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदे

पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट के लिए भाजपा के तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड क्रान्ति दल के शान्ति प्रसाद भट्ट और मुकेश सेमवाल ने निर्दलीय नामांकन किया

इस चुनावी पाठशाला में लोक गीतों के साथ ही विभिन्न खेलों के जरिए बच्चों को मतदान के महत्व के बारे में बताया गया मतदान के लिए जागरूकता का यह नया प्रयोग इसलिए किया गया ताकि बच्चे अपने अभिभावकों को मतदान के लिए प्रेरित करें चुनाव पाठशाला में बच्चों को खेल खेल में यह जानकारी दी गई कि मजबूत लोकतंत्र के लिए शत प्रतिशत मतदान करना जरूरी है इस चुनावी पाठशाला में बच्चों को ईवीएम और वीवीपैट के बारे में भी जानकारी दी गई

स्वीप का यह जागरूकता कार्यक्रम जिले के दुर्गम क्षेत्रों में चुनाव के बाद भी जारी रहेगा